वहीं सीपीआई माले चार संसदीय सीटों पर चुनाव लड़ेगी

राष्ट्रीय जनता दल ने भागलपुर और बांका सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामचन्द्र पूर्वे ने आज पटना में बताया कि जयप्रकाश नारायण यादव बांका से और शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल भागलपुर से चुनाव लड़ेंगे

वहीं कांग्रेस ने कटिहार से तारिक अनवर पूर्णिया से उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह और किशनगंज से मोहम्मद जावेद को उम्मीदवार बनाया है राज्य में महागठबंधन के तहत राजद बीस और कांग्रेस नौ सीटों पर चुनाव लड़ रही है उपेन्द्र कुशवाहा के नेतृत्व वाली रालोसपा पांच सीटों पर जबकि जीतनराम मांझी के नेतृत्व वाले हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी तीन तीन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी इस बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता निखिल कुमार ने आरोप लगाया है कि महागठबंधन की सीटों का बंटवारा राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की मर्जी से हुआ है

वहीं राजग के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे में बांका सीट जदयू के खाते में जाने से नाराज भाजपा की पूर्व सांसद पुतुल देवी ने निर्दलीय चुनाव में उतरने का निर्णय लिया है उन्होंने आज पटना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वह कल निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर बांका संसदीय क्षेत्र से नामजदगी का पर्चा दाखिल करेंगी भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी सीपीआई बिहार में चार संसदीय सीटों बेगूसराय खगड़िया मधुबनी और मोतिहारी से चुनाव लड़ेगी सीपीआई की राज्य कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुये पार्टी के राज्य सचिव सत्यनारायण सिंह ने कहा कि बेगूसराय से जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले ने कहा है कि वह आरा सिवान काराकाट और जहानाबाद सीट पर चुनाव लड़ेगी लोकसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन की अंतिम तिथि कल है जमुई औरंगाबाद नवादा और गया में होने वाले चुनाव के लिए आज तक चार दिनों का अवकाश होने के कारण कोई नया नामांकन नहीं भरा गया कल अंतिम दिन सभी शेष नामांकन भरे जायेंगे उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच छब्बीस मार्च को होगी और अठाईस मार्च तक नाम वापस लिये जा सकेंगे पहले और दूसरे चरण के लिये अब तक पंद्रह उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र भरे हैं दूसरे चरण के लिये उम्मीदवार छब्बीस मार्च तक नामांकन कर सकते हैं निर्वाचन आयोग ने कहा है कि एक्जिट पोल का प्रसारण लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान सम्पन्न होने से पहले नहीं किया जा सकता

आयोग ने कहा है कि यह नियम सभी मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी लागू होगा

परामर्श में मतदान पूर्व सर्वेक्षण तथा बहस विश्लेषण शामिल हैं आयोग का कहना है कि वह चुनाव की घोषणा से लेकर चुनाव परिणाम की घोषणा तक प्रसारण पर निगरानी रखेगा चुनाव के दौरान विधि व्यवस्था को चुस्त दुरूस्त बनाये रखने के लिए पूरे राज्य में अभियान चलाया जा रहा है इसके तहत आज सत्रह शस्त्र लाईसेंस रद्द किये गये वहीं वाहन दुरूपयोग के आधा दर्जन मामलो सहित लाउडस्पीकर एक्ट के उल्लंघन के चौदह मामले दर्ज किये गये हैं पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में गौनाहा अंचलाधिकारी ने राजद युवा जिला अध्यक्ष इंद्रजीत यादव और जदयू के जिला अध्यक्ष संजय कुमार पर प्राथमिकी दर्ज कराई है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपने फील्ड अधिकारियों से मुद्रा शराब या सोने की गैरकानूनी तरीके से आवाजाही पर निगाह रखने को कहा है सीबीआईसी ने अपने कर अधिकारियों से तत्काल आधार पर अन्य सरकारी एजेंसियों से खुफिया सूचना और जब्ती की जानकारी साझा करने को कहा है बोर्ड ने घरेलू के अलावा सीमापार से वाहनों ट्रेनों निजी चार्टर्ड उड़ानों के साथ वाणिज्यिक उड़ानों पर भी कड़ी निगरानी रखने को कहा है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा है कि भारत वैश्विक आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है और इसकी पहचान अवसरों के केन्द्र और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में की जाती है उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि का श्रेय देश के वैज्ञानिकों को दिया जाना चाहिए श्री नायडू आज गोवा में आयोजित सम्मेलन में वैज्ञानिकों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने वैज्ञानिकों से आग्रह किया कि वे स्वास्थ्य के क्षेत्र में और संपन्नता लाने में योगदान दें उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि पहली बार बिजली चुनावी मुद्दा नहीं है श्री मोदी ने आज एक ट्वीट में कहा कि प्रदेश के हर गांव और घरों में बिजली पहुंच चुकी है अब लोगों को अंधेरे का डर नहीं रहा है उन्होंने बिना किसी छेड़छाड़ के सवर्णों को आर्थिक आधार पर दिए गए दस प्रतिशत आरक्षण पर भी राजद के विरोध को अनुचित बताया राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को नैक मान्यता से जोड़ने की तैयारियों पर राजभवन में आगामी चार अप्रैल से दो दिवसीय बैठक आयोजित की गई है कुलाधिपति लालजी टंडन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति ओर अन्य वरिठ पदाधिकारी भाग लेंगे बैठक में यूजीसी के सचिव प्रोफेसर रजनीश जैन और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन भी भाग लेंगे पूर्व मध्य रेलवे होली पर्व के बाद ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ के मद्देनजर विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन कर रहा है पटना से नई दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन और दरभंगा से पंजाब के अम्बाला के लिए विशेष ट्रेने चलायी जा रही है पटना जंक्शन से आनंद विहार के लिए विशेष ट्रेन आज रात आठ बजकर पच्चीस मिनट पर रवाना होगी वहीं दरभंगा जंक्शन से अम्बाला के लिए विशेष ट्रेन अठाईस मार्च को दोपहर तीन बजे खुलेगी भागलपुर जिले के पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक अंबिका प्रसाद का निधन हो गया है वे इक्यानवे वर्ष के थे अंबिका प्रसाद पीरपैंती से छह बार विधायक चुने गये थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधीरी और विधान परिषद के सभापति हारूण रशीद ने पूर्व विधायक अंबिका प्रसाद के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में तेज धूप के कारण मौसम शुष्क बना हुआ है पिछले चौबीस घंटों के दौरान पटना साहित विभिन्न जिलों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गयी है मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों के मौसम पूर्वानुमान में बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के कई स्थानों पर तेज हवा के साथ हल्की बारिश हो सकती है बेगूसराय जिले के नावाकोठी थाना क्षेत्र के समसा गांव से पुलिस ने एक अपराधी को देसी पिस्तौल और तेरह कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है इधर जिले के सिमरिया में गंगा घाट पर स्नान के दौरान एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गयी शिवहर जिले के डुमरी कटसरी प्रखंड के शहबाजपुर में हुई अगलगी की घटना में पांच घर जलकर नष्ट हो गए वहीं लोगों से करोड़ो रूपये की ठगी करने वाले एक गैर बैंकिंग संस्था के प्रतिनिधि को जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है भोजपुर पुलिस ने लूट की योजना बना रहे एक कुख्यात अपराधी को उसके दो सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने अपराधियों के पास से दो देसी पिस्तौल और कारतूस बरामद किया है

वहीं सीपीआई माले चार संसदीय सीटों पर चुनाव लड़ेगी